मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक घनश्याम चंद ने बताया कि लोगों को मिलावट से बचाने के लिए मिल्कफेड द्वारा ये कदम उठाया गया है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक बयान में कहा है कि सरकार से धनराशि मंजूर होने के बाद इन योजनाओं के सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है बिंदल ने उम्मीद जताई कि योजनाओं के सुचारू होने से इलाके के किसानों को इनका लाभ मिलेगा धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कार्यकर्ता का व्यवहार पार्टी को मजुबूत बनाने में सहायक सिद्ध होता है हमीरपुर ज़िले के सुजानपुर में आज भाजपा की आवासीय बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मज़बूत बनाने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया धूमल ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धियों को लेकर लड़ा जाएगा और कार्यकर्ताओं को केन्द्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य जारी रखना चाहिए

इसमें देशभर के लेखकों उपन्यासकारों और कवियों ने प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह द्वारा राष्ट्र को दिए गए योगदान पर चर्चा की लिटफेस्ट में पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह सोढी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी भाग लिया

समापन समारोह में खाद्य आपूर्ति व जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर सम्मानित किया इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ओवर ऑल विजेता रही जबकि महिला वर्ग में दिल्ली की टीम ने पहला स्थान हासिल किया ओंकार शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य में न केवल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस प्रकार के खेलों से युवा नशे से दूर रहेंगे

उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से न केवल हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है बल्कि आपसी भाईचारे और अनुशासन की भावना को भी बल मिलता है बिक्रम ठाकुर ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आहवान किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस अवसर पर मौजूद रहे

कराटे उधर बिलासपुर में ज़िलास्तरीय कराटे प्रतियोगिता का विधायक सुभाष ठाकुर ने आज शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे खेल अनिवार्य है ताकि मुसीबत के समय वे अपनी रक्षा कर सकें उन्होंने कहा कि खेलों में बच्चों की रूचि बढ़ाने के लिए ग्रामीण और शहरी स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं प्रदर्शनी महाराष्ट्र के नागपुर में हॉलीडे एक्सपो टूरिज्म एण्ड ट्रैवल प्रदर्शनी आज सम्पन्न हुई

पर्यटकों को राज्य पर्यटन विकास निगम व पर्यटन विभाग की गतिविधियों की जानकारी देने को अलावा हिमाचल के साहसिक व धार्मिक पर्यटन से अवगत करवाया गया विज्ञान मेला चम्बा ज़िले के भरमौर में दो दिवसीय जनजातीय विज्ञान मेला आज संपन्न हो गया

विज्ञान मेले के दौरान विद्यार्थियों ने गणित और सौर मण्डल की जानकारी हासिल की समापन अवसर पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए मौसम प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद सुबह शाम के तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी है जनजातीय इलाकों में कई जगह तापमान शून्य के आसपास दर्ज किया जा रहा है